प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अव्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने व्यवस्था दी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा चार सौ सत्तानबे गैर संकैधानिक और मनमानी है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहेतर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते भारतीय दंड सहिता की धारा चार सौ सत्तानबे के अनुसार जो पुरूष किसी ऐसी महिला से यौन संबंध बनाएगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और ये संबंध उसके पति की सहमति या जानकारी के बिना बनाया गया है तो यह बलात्कार नहीं कहलायेगा बल्कि वह विवाहेतर संबंध बनाने का दोषी माना जायेगा न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा ने कहा कि धारा चार सौ सत्तानवे संक्विान के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा कि धारा चार सौ सत्तानवे से महिलाओं की यौन संबंधी स्वतंत्रता का हनन होता है उन्होंने कहा कि सम्मानपूर्वक जीवन के लिए स्यतंत्रता मूल आवश्यकता है और धारा चार सौ सत्तानबे महिलाओं को विकल्प चुनने से वंचित करती है न्यायालय ने कहा कि इस धारा से महिलाओं के समानता के अधिकार और समान अवसर देने के अधिकार का उल्लंघन होता है पांचों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट की आपूर्ति सुवारु है और इसे लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है एक बयान में आयोग ने कहा है कि वह भविष्य में होने वाले आम चुनावों तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर शत प्रतिशत वीवीपैट मशीनें लगाने के लिए प्रतिबद्व हैं आयोग ने कहा कि दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को संत्रह लाख पैंतालिस हजार मशीनों का ऑर्डर दिया है निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब तक नौ लाख पैतालिस हजार वीवीपैट मशीनें तैयार हो च्की हैं उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छता अभियान तेजी से जन आंदोलन बनता जा रहा है रांची में स्वच्छता ही सेवा जागरूकता कार्यक्रम में श्री नायड् ने झारखंड सरकार की इस बात के लिए सराहना की कि राज्य में चार साल पहले खुले में शौच की प्रवृति से मुक्ति का प्रतिशत केवल सोलह था जो अब बढ़कर छानबे प्रतिशत हो गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनिवार्य नकदी आवश्यकता संबंधी नियम उदार बना दिए हैं ताकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा नकदी उपलब्ध हो सके रिजर्व बैंक के वक्तव्य में कहा गया है कि बैंक अनिवार्य नकदी अनुपात की शर्ते पूरी करने के लिए नकदी कवरेज रिजर्व तेरह प्रतिशत से बढ़ाकर पन्द्रह प्रतिशत कर सकते हैं रिजर्व बैंक ने पहली अक्तूबर से यह व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के रामनगर स्थित पैतुक निवास स्थान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और स्मृति संग्रहालय का लोकार्पण किया इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री के पूत्र सुनील शास्त्री तथा अनिल शास्त्री के अलावा प्रदेश के विकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और संस्कृति मंत्री लक्मीनारायण चौधरी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे लोकार्पण कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का जीवन देश और समाज के लिये प्रेरणा है प्रदेश सरकार ने आज भारतीय पुलिस सेवा के तेरह अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं महेन्द्र मोदी को पुलिस महानिदेशक विशेष जांच के पद पर भेजा गया है जबकि पुलिस महानिदेशक विशेष जांच जेएन मीना को पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स की जिम्मेदारी दी गयी है पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण विश्वजीत महापात्रा का स्थानान्तरण पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस पद पर किया गया है अपर पुलिस महानिदेशक अपराध संजय सिघल को अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बीके मौर्य के स्थान पर भेजा गया है जबकि श्री मौर्य का तबादला अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स के पद पर किया गया है अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स केएस प्रताप कुमार अब अपर पुलिस महानिदेशक अपराध का कार्यभार देखेंगे अपर पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय जयनारायण सिंह को गोरखपुर परिक्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है जबकि उनका स्थान अब तक गोरखपुर के पुलिस महानिरीक्षक रहे निलाब्जा चौधरी लेंगे